केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों को वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के बारे में है उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को साठ वर्ष की आय का होने पर प्रतिमाह न्यूनतम तीन हजार रूपये पेंशन दी जाती है सरकार प्याज केन्द्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए खुदरा और थोक व्यापारियों के लिए इसकी भंडारण सीमा संशोधित की है

यह निर्णय खुले बाजार में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लिया गया है उपभोक्ता कार्यमंत्री रामविलास पासवान ने एक ट्वीट में कहा कि यह संशोधित सीमा आयातित प्याज पर लागू नहीं होगी

सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कल शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के सरकारी स्कूल दरगेला के वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया

नए भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा

भूकंप का केन्द्र चंबा जिले में जमीन से पांच किलीमीटर नीचे था इससे किसी भी जानमाल के नुकसान का कोई समाचार नहीं है शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में भूकंप रोधी तकनिक से घर बनाने को लेकर राज्य वैज्ञानिक प्रौद्योगिक व पर्यावरण परिषद द्वारा सोलन में तीन दिवसीय प्रशिक्षिण कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के तहत मिस्त्रीयों सहित अन्य कारिगरों को प्रशिक्षित किया गया परिषद के वैज्ञानिक गोपाल जैन ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मिस्त्रीयों को भूकंप रोधी तकनीक से घर बनाने की बारीक से बारीक जानकारी दी गई उन्होने कहा कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य भूकंप के समय नुकसान को कम से कम करना है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने बंदरों की बढ़ती समस्या से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक जागरण के शब्द हैं बंदरों पर बौद्विक जुगाली नतीजा शून्य कार्यशालाओं व संगोष्ठियों से धरातल पर नहीं उतरे प्रयास

आपका फैसला ने वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के हवाले से लिखा है हिमाचल में बंदर पकड़ने पर अब मिलेंगे एक हजार रूपये

इसी समाचार पत्र के मुताबिक आयुर्वेद घोटाले के आरोपितों को बहाल करने की तैयारी आपका फैसला की एक खबर है जयराम सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद संभव पंजाब केसरी ने लिखा है शीतकालीन सत्र में भाग नहीं लेंगे वीरभद्र सिंह स्वास्थ्य में सुधार लेकिन सर्द मौसम के चलते नहीं जाएंगे धर्मशाला मां की चुनरी और कपड़े के एक लाख थैले बचाएंगे पर्यावरण शीर्षक से अमर उजाला लिखता है सिरमौर के बालासुंदरी मंदिर से जिले को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने को प्रशासन की पहल इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है सूबे की चार महिला किकेटर भारत ए टीम में